उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गुजरात में बिहार के लोगों पर हमले के लिये कांग्रेस के अल्पेश ठाकोर जिम्मेवार हैं उन्होंने कहा कि ठाकोर के समूह के लोगों ने बिहारी लोगों पर हमला किया है श्री मोदी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की यूएसपी है किसी भी राज्य के विकास के लिये वहां बेहतर कानून व्यवस्था आवश्यक है उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों के विकास के बिना देश का विकास अधूरा रहेगा केंद्रीय दूर संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले वर्ष उन्नीस मार्च तक देश के सभी छह लाख गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचा दी जायेगी उन्होंने कहा कि बीएसएनएल एक हजार रूपये में विश्व और देश में कहीं भी साल भर बातचीत की सुविधा देने जा रही है श्री सिन्हा ने कहा कि जल्द ही सभी राज्यों में फोर जी की सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी उन्होंने कहा कि कॉल ड्रॉप जैसी समस्या को रोकने के लिये टावरों की संख्या बढ़ायी जा रही है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने कहा है कि प्रदेश में इकतीस अक्टूबर दो हजार सत्रह के बाद यदि किसी शिक्षक का नियोजन किया गया है तो वह नियम संगत नहीं है ऐसे नियोजन को शिक्षा विभाग मान्यता नहीं देगा उन्होंने कहा कि नियोजन इकाईयों से ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गयी है उधर भोजपुर जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में साठ से अधिक शिक्षकों के अवैध नियोजन की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है इन शिक्षकों पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन कराने का आरोप है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के इकतीस और स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी है जबकि दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रद्द संबद्वता को फिर से बहाल कर दिया है समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जांच के दौरान इन विद्यालयों में कई अनियमितताएं पायी गयी थीं गौरतलब है कि इसके पूर्व सैंतालीस स्कूलों की संबद्धता रद्द की जा चुकी है राजस्व और भूमि सुधार विभाग में इकतीस हजार दो सौ नब्बे पदों पर नियुक्ति की जायेगी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भूमि संबंधित आंकड़ों को अपडेट करने के लिये ये नियुक्तियां की जा रही है इनमें बारह सौ तीन विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की जायेगी व्यवसायिक वाहनों के परिचालन का परमिट अब जिला परिवहन कार्यालयों से ही मिलेगा इसके लिये जिला परिवहन कार्यालयों में एक्सटेंशन काउंटर खोले जा रहे हैं परिवहन विभाग के सचिव संजय क्मार अग्रवाल ने बताया कि बसों को छोड़कर अन्य वाहनों का परमिट जिला कार्यालयों से लिया जा सकेगा उन्होंने कहा कि परिमट के लिये ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गयी है ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे रेलवे के एडीजी आलोक राज ने बताया कि राज्य से गुजरने वाली ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ आपसी सहयोग से सुरक्षा बल की तैनाती करेंगे उन्होंने कहा कि बावन स्टेशनों का चयन किया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे एडीजी ने कहा कि नक्सल प्रभावित रेलखंडों पर विशेष चौकसी रखने का भी निर्णय लिया गया है राज्य के थानों में पहली बार लगाये जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित दस सौ बानवे मामलों का निपटारा किया गया पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य के छह सौ चौवालीस थानों में जनता दरबार लगाये गये थे जिसमें अंचल अधिकारियों के साथ थानेदार उपस्थित थे जिन्होंने मामलों को सुना और उनका निपटारा किया केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने चौदह फसलों के समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना वृद्धि की है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद गांव गरीब और किसान को पहली प्राथमिकता दी है श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अनाज की खरीदगी भी सुनिश्चित कर रही है चार साल पहले आठ लाख मिट्रिक टन दलहन की खरीदारी की गयी थी जबकि वर्तमान में छह अगस्त तक पचहत्तर लाख मिट्रिक टन दलहन की खरीद की गयी है उन्होंने कहा कि किसानों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है राज्य में जैविक खेती के लिये किसानों को सरकार अनुदान देगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जैविक खेती के लिये किसान जैविक खाद बीज और अन्य आवश्यक वस्तुयें समय पर खरीद सकें इसलिये फसल लगाने के पूर्व ही उन्हें अनुदान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि पहले यह अनुदान जैविक विधि से सब्जी उत्पादन के लिये मिलता था लेकिन अब अन्य फसलों को भी इसके दायरे में लाया गया है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे बिहार और यूपी जैसे प्रदेशों में सूखे का खतरा बढ़ गया है रिपोर्ट के अनुसार यदि औसत तापमान में दो डिग्री बढ़ोतरी होती है तो गंगा घाटी वाले राज्यों में होने वाली बारिश में बीस प्रतिशत की कमी आ सकती है आईपीसीसी ने कम बारिश और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र गंगा घाटी के इलाकों में बढ़ रहे तापमान से सूखे की आशंका पर चिंता जतायी है केंद्र सरकार ने बीसवीं पशुगणना के लिये राज्य सरकार को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराया है पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस पशुगणना करने की जानकारी कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों को दी जा रही है महात्मा गांधी के संदेश राज्य के सरकारी विद्यालयों सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों में लगाये जायेंगे जन शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा ने बताया कि शिक्षा विभाग से निर्देश के बाद पहले चरण में राज्य के पहली से लेकर बारहवीं तक अस्सी हजार से अधिक विद्यालयों में इन संदेशों को लगाया जायेगा जिससे छात्र और शिक्षकों का मूल्य बोध बढ़े ये संदेश पोस्टर फोटोफ्रेम होर्डिंग बैनर अथवा किसी अन्य रूप में होंगे राज्य में जीका वायरस का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है

गुजरात के आणंद में खेले गये विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के आखरी लीग मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को नौ विकेट से हराकर अंतिम आठ में जगह बना ली है इस सत्र में बिहार ने लगातार सातवीं जीत दर्ज की अब बेंगल्रू में चौदह अक्टूबर को होने वाले क्वार्टर फाइनल में बिहार की भिडंत मुम्बई से होगी वहीं पूर्वी क्षेत्र विजय मर्चेन्ट ट्रॉफी क्रिकेट के लिये बिहार अंडर सिक्सटीन टीम की घोषणा कर दी गयी है

इधर पटना में आज से ऑल इंडिया सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग मुकाबले शुरू हो रहे हैं सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अस्पताल में कार्यरत एक संविदाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की जांच कर रही है पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाने की पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली हरेंद्र महतो सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने गूजरात में बिहारियों पर हो रहे हमले और उनके पलायन को बड़ी खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है नीतीश ने की गुजरात के सीएम से बात दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक लगाया है बिहार और यूपी के लोगों पर फिर हमला सात घायल गुजरात छोड़ने की धमकी दैनिक जागरण ने सुपौल में छात्रओं की पिटाई मामले में उच्चतम न्यायालय की नाराजगी को प्रमुख खबर बनाते हुये लिखा है छात्राओं की पीटाई पर सुप्रीम कोर्ट नाराज प्रभात खबर ने विजय हजारे ट्राफी में बिहार के शानदार प्रदर्शन को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सत्रह साल बाद खेल रही बिहार क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास बिना कोई मैच गंवाये बिहार पहुंचा क्वार्टर फाइनल में